वज्रपात की भी आशंका एनडीए आज सीट बंटवारे को लेकर घोषणा कर सकता है भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेगी बिहार विधानसभा चुनाव और देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले उप चुनाव को लेकर नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केन्द्रीय चूनाव समिति की बैठक आयोजित की गयी सूत्रों के अनूसार भाजपा की चुनाव समिति ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पैंसठ से सत्तर सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है कल देर शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान के बीच लोक जन शक्ति पार्टी ने चूनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि मणिपुर की तर्ज पर पार्टी एनडीए का हिस्सा रहेगी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद लोजपा के सभी विधायक भाजपा का समर्थन करेंगे बैठक में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी को नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं है इधर लोजपा के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए गठबंधन में सीटों के तालमेल पर पटना में बैठक आयोजित की गयी लोजपा के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर जदयू ने कहा है कि चुनाव परिणाम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा ने उन्हें चुनाव में गठबंधन का नेता चुना है पहले चरण की इकहत्तर सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच चार पांच सीटों को छोड़कर अधिकांश सीटों पर आपसी सहमति बन गयी है दोनों दल आज पटना में बैठक करेंगे इधर महागठबंधन के घटक दल सीपीआई ने अपने छह उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है सीपीआई ने दो पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया है हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रामनरेश पांडेय और बछवाड़ा से अवधेश राय को उम्मीदवार बनाया गया है राजद ने पिछले चुनाव में अपली जीती हुई झंझारपुर सीट सीपीआई के लिए छोड़ दी है वहीं सीपीएम ने भी महागठबंधन कोटे से प्राप्त चार विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा हम की संसदीय बोर्ड ने प्रत्याशियों के चयन और घोषणा को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अधिकृत किया है पार्टी सूत्रों ने बताया कि गया जहानाबाद और पूर्णियां जिले में पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिये हैं हम पार्टी को अब जदयू से मंजूरी का इंतजार है गौरतलब है कि भाजपा और जदयू के बीच समझौते के तहत जदयू अपने कोटे से हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को विधानसभा सीटें आवंटित करेगा विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने से नाराज होकर महागठबंधन छोड़ चुकी विकासशील इंसान पार्टी ने नये चुनावी समीकरण के संकेत दिये हैं पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सीटों के तालमेल को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की माना जा रहा है कि वीआईपी राजग में शामिल हो सकती है अन्तर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गयी हैं पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह ने भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की पूर्व सांसद रामा सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की है सूत्रों के अनुसार रामा सिंह के राजद के चुनाव चिन्ह पर लालगंज या महनार से चुनाव लड़ने की सम्भावना है शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी आठ अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होना है इन सीटों के लिए बाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी ये सीटें नीरज कुमार दिलीप कुमार चौधरी देवेश चंद्र ठाकुर डॉक्टर एन के यादव नवल किशोर यादव मदन मोहन झा संजय सिंह और केदार नाथ पाण्डेय के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली हुई हैं विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के तहत वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक एक करोड़ बासठ लाख रूपये से अधिक की नकद राशि जब्त की गयी है इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि सीतामढ़ी में वाहन जांच के दौरान सर्विलांस टीम ने डेढ़ लाख रूपये नकद जब्त किये हैं जिले में अब तक पांच लाख रूपये जब्त किये गये हैं राष्ट्रीय जनता दल के एससीएसटी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है इस मामले में मृतक के पिता और पत्नी ने इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है गौरतलब है कि अपराधियों ने कल पूर्णियां जिले के केहाट थाना क्षेत्र के मुर्गी फार्म रोड स्थित आवास पर शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर बैठक दो हजार बीस का उदघाटन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग इस वर्चुअल शिखर बैठक का आयोजन कर रहे हैं सम्मेलन नौ अक्तूबर तक चलेगा बैठक में महामारी से निपटने की तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समान लाभ उपलब्ध कराना नवाचारों के डिजिटीकरण को प्रोत्साहन सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड उन्नीस से बचाव के लिए अगले वर्ष जुलाई तक वैक्सीन की लगभग चालीस से पचास करोड़ खुराक तैयार होने की आशा है उन्होंने कहा कि पहले चरण में लगभग बीस से पच्चीस करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा बुजुर्ग बच्चे अस्वस्थ व्यक्ति और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले पेशेवरों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को टीके के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की सूची इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है उन्होंने कोविड उन्नीस महामारी को वैश्विक चुनौती बताते हुए इससे निपटने के लिए मिलकर ठोस प्रयास करने को कहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से आग्रह किया कि वे समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह और ऐहतियाती उपायों का पूरी तरह पालन करें प्रदेश में कोविड उन्नीस के एक हजार दो सौ इकसठ नये मामलों की प्रष्टि हुई है संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख सतासी हजार नौ सौ इक्यावन हो गयी है सबसे अधिक पटना से दो सौ पैंसठ मामलों की पुष्टि हुई है अररिया में सड़सठ मुजफ्फरपुर में चौंसठ रोहतास में उनसठ और पूर्वी चम्पारण में बावन मामले दर्ज किये गये हैं वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस से एक हजार तीन सौ चौदह मरीज ठीक हुये हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख पचहत्तर हजार एक सौ नौ हो गयी है अब तक तिरानवे प्रतिशत से अधिक मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या ग्यारह हजार नौ सौ छब्बीस है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनूपम प्रकाश ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय किये जाने चाहिए

उपभोक्ता कार्य मंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम में कुल पांच लाख तिहत्तर हजार टन से अधिक धान की खरीद हुई है राज्यों में वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए धान की खरीद शुरू हो चुकी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए हाल ही में पारित तीनों विधेयकों से किसानों को लाभ होगा उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की जो बड़ी देश के लिए सोच है जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है

दूसरा कहा था कि सरकारी खरीद बंद हो जाएगी

वहां पैडी की खरीद शुरू हो गई है फिर कहा एमएसपी खत्म होगी उल्टा एमएसपी बढ़ गई तो एमएसपी भी रही और एपीएमसी भी रहा खरीद भी जारी रही

केरल के कोच्चि में प्रशिक्षण दौरान एक ग्लाइडर के दुर्घटना ग्रस्त होने से भोजपुर जिले के तीयर थाना क्षेत्र अन्तर्गत योगीपुर गांव निवासी नौसेना अधिकारी सुनील कुमार की मौत हो गयी है सुनील नौसेना में प्रशिक्षक अधिकारी के पद पर थे देश भर के आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट एडवांस का परिणाम आज जारी होगा आईआईटी दिल्ली परिणाम जारी करेगा अभ्यर्थी जेईई की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं इस परिणाम के आधार पर देश के तेईस आईआईटी के तेरह हजार सीटों पर नामांकन किया जायेगा इधर इकतीस एनआईटी तेईस ट्रीपल आईटी सहित जीएफआईटी की छत्तीस हजार सीटों पर नामांकन के लिए अधिसूचना जारी किया जायेगा इसके लिए कल से काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वहीं दूसरी कॉमन लॉ एडमीशन टेस्ट क्लैट दो हजार बीस का परिणाम घोषित हो गया है पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में कम दबाव का क्षेत्र बने होने के कारण मॉनसूनी सिस्टम एक बार फिर सक्रिय हो गया है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के कारण पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकांश स्थानों पर अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की सम्भावना है इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लोक जनशक्ति पार्टी की खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुये लिखा है लोजपा अकेले लड़ेगी बिहार चुनाव चुनाव बाद लोजपा विधायक करेंगे भाजपा का समर्थन दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक बनाते हुये लिखा है राजग में फूट अलग हुए चिराग अखबार लिखता है भाजपा और जदयू आज कर सकते हैं सीटों का ऐलान दैनिक भास्कर ने वोटरों को वित्तीय प्रलोभन देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है वोटरों को प्रलोभन देना आचार संहिता का उल्लंघन मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को लाने वाले प्रत्याशियों पर होगी एफआईआर प्रभात खबर का शीर्षक है पहले चरण में पोस्टल वोटिंग के लिए आज आवेदन का अंतिम दिन आज अखबार की सुर्खी है इलेक्शन ड्यूटी में कोरोना से मृत्यु पर तीस लाख का अनुग्रह अनुदान और अब अंत में मुख्य समाचार एनडीए आज सीट बंटवारे को लेकर कर सकता है घोषणा

वज्रपात की भी आशंका